कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें जयराम प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है और राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज पालमप्र में एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते आर्थिकी को काफी नुकसान हुआ है और अब सरकार जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती

उन्होंने कहा कि होटलों सहित सरकारी व निजी संस्थानों में कोविड संबंधी एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हालात को देखकर ही कोई फैसला लेगी

इस योजना का उद्देश्य देश में विश्व स्तर के खाद्य उत्पाद निर्माता तैयार करना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांडों के उत्पादों को बढ़ावा देना है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना से रोजगार बढेगा टिकाऊ मूल्य श्रृंखला का निर्माण होगा और भारतीय उत्पादों को मजबूत ब्रांड लागत का फायदा मिलेगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में ये जानकारी दी है ये चुनाव धर्मशाला पालमपुर मण्डी व सोलन नगर निगम और शिमला जिले के विकास खण्ड चौपाल दूटू और मण्डी जिले के धर्मपुर विकास खण्ड में पंचायती राज संस्थाओं सहित चिड़गांव नेरवा आनी निरमण्ड कंडाघाट और अम्ब नगर पंचायत में होंगे प्रवक्ता ने बताया कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूटस एक्ट के अंतर्गत इन क्षेत्रों में सभी सरकारी कार्यालय कार्य बोर्ड निगम शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए ये वैतनिक अवकाश होगा और जो कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में कार्यरत्त है उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर विशेष अवकाश दिया जा सकता है गोविंद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विकास कार्यों पर करोड़ों रूपए खर्च किए जा रहे हैं ये बात उन्होंने कल शाम कुल्लू जिले की शनाग पंचायत के बाहंग में जनसमस्याएं सुनने के बाद कही गोविंद ठाक्र ने कहा कि कुल्लू जिले को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं इससे पहले उन्होंने बाहंग में निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारम्भ भी किया

धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनप्रतिनिधियों से पंचायतों के समग्र विकास के लिए समर्पण व निष्काम भाव से कार्य करने का आहवान किया है हमीरपूर जिले के भोरंज भाजपा मण्डल द्वारा अवाहदेवी में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में आज उन्होंने ये बात कही ध्रमल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत्त रहना चाहिए

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

लाहौल स्पीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है आज जिले की सबसे दुर्गम म्यार घाटी में संचार सुविधा न होने व सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने म्यार घाटी चौखंग और नेंनगहार इलाके के लोगो के लिये वेक्सीनेशन अभियान चलाया जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉ रंजीत वैद ने ये जानकारी दी है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि इनमें फ्रंटलाईन वर्कर स्वास्थ्य कर्मी और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं

पखवाड़े के दौरान राज्य महिला व बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए किन्नौर के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज रिकांगपिओ में पोषण पखवाड़े के तहत आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं को बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करना है इधर शिमला शहरी बाल विकास परियोजना अधिकारी ममता पॉल ने बताया कि पोषण पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को पोषाहार व स्वच्छता के संबंध में जागरूक किया गया उन्होंने कहा कि शिमला शहरी परियोजना के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज पोषण शपथ भी दिलाई गई पखवाड़े के समापन अवसर पर महिला व बाल विकास कार्यालय मण्डी में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू बाला ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं को पोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है राठौर ने मुख्यमंत्री के गृहक्षेत्र सराज में डॉक्टर के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट की आलोचना करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है उन्होंने कहा कि इस तरह के आपराधिक मामलों को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाना चाहिए हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है